कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सभी जिलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये

औद्योगिक गतिविधिया ईकामर्स से संबंधित काम चलते रहेंगे

निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर लोगों का तापमान और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि यह अभियान संक्रमण की चेन तोड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगा

श्री सहगल ने बताया कि कोविड के संबंध में मेडिकल गाइडेंस के लिये राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में कोविड बेड की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है

संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के आशाजनक परिणाम मिलने लगे हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट डीआरडीओ द्वारा रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए इस अस्पताल के संचालन मैं सेना के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लगाए गए हैं जिन्हें देश भर से इस अस्पताल के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया है

अस्पताल में भर्ती मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनके लिए खाना भी मुक्त होगा मरीजों को ऑक्सीजन और दवाई के लिए भी पैसे नहीं देने होंगे इस अस्पताल में मरीजों के सीधे प्रवेश और भर्ती किए जाने की व्यवस्था नहीं है बल्कि जिला प्रशासन की तरफ से इन एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर के जरिए यहां कोविड मरीजों की भर्ती की जाएगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्य में अब कोरोना के नये मामले कम आ रहे हैं जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कुछ कुछ जिलों में दैनिक नये केस की तुलना में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी अधिक हो रही है यह जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

राज्य में टेस्टिंग के लिये एग्रेसिव नीति अपनाई जा रही है

यह देश में किसी राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक कोविड टेस्ट है अपर मूख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि कोविड से बचाव के लिये टीकाकरण सुरक्षा का अहम माध्यम है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

शनिवार रविवार और सोमवार को विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है

संवाद के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी फसल का भुगतान उन्हें समय से मिल रहा है और वे सरकार के द्वारा चलाये जा रहे गेहूँ खरीद की योजना से संतुष्ट है

उन्होंने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषि उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये सभी पंचायत प्रतिनिधिगण कोरोना के खिलाफ जंग में प्रदेश सरकार के प्रयासों को गति प्रदान करे लखनऊ के चिनहट स्थित एक निजी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन रिफलिंग के दौरान सिलेन्डर में विस्फोट हो गया इस दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु होने के समाचार प्राप्त हुए है जबकि पांच अन्य घायल हो गये है जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए हादसे में हुई जन हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने दुर्घटना के कारणों की भी जांच किये जाने के निर्देश दिये हैं